राज्यभर में अबतक दो हजार पचास कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बहतर दशमलव आठ पांच प्रतिशत है जबिक कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या सात सौ चौवालीस पहुंच गयी है वहीं दूसरी ओर पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में साठ नए कोरोना मरीज मिले हैं इसी के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या दो हजार आठ सौ चौदह हो गई है इनमें से अब तक बीस कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है मरने वालों में ज्यादातर मरीज दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे

उपायुक्त वरुण रंजन ने कल रात तीन नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की जिनमें एक महिला तथा दो पुरुष शामिल हैं पहली सोमवारी के साथ आज से सावन माह की शुरुआत हो गई इस बार कोरोना संकट को लेकर लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस साल देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो रहा है और श्रद्धालु इस बार जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए बाबाधाम और बासुकीनाथ में भगवान की पूजा के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है आज से पूरे सावन श्रद्धालुओं के लिए सुबह होने वाली सरकारी पूजा और शाम की श्रृंगार पूजा का टेलीविजन चैनलों और वेब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है इस दौरान श्रद्धालु भी ऑनलाइन पूजा कर सकेंगे इधर रांची के पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों के प्रवेष पर रोक है मंदिर परिसर से बाबा की पूजा अर्चना का ऑनलाइन प्रसारण किया जा रहा है

सावन को लेकर दो दिन पूर्व मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई थी जिसमे यह निर्णय लिया गया था कि इस बार भक्तों द्वारा जलार्पण की व्यवस्था नहीं होगी सुबह छह बजे और शाम साढ़े सात बजे मंदिर के पुजारी द्वारा आरती की जायेगी मंदिर प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि सुबह और शाम की आरती का लाइव प्रसारण फेसबुक के माध्यम से किया जाएगा इधर दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकिनाथ धाम में इस वर्ष श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हुआ है आज सावन के पहले दिन बाबा बासुकिनाथ की भव्य सरकारी पूजा हुई गर्भगृह में केवल पुरोहित और उनके सहायक को ही प्रवेश की अनुमति मिली इधर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सावन की पहली सोमवारी पर झारखंड वासियों को षुभकामनाएं दी है अपने ट्वीट संदेष में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष संकट के समय में श्रद्वाल् घर पर ही पूजन कार्य करें दुमका जिला प्रषासन की पहल पर लॉकडाउन के कारण भूटान में फंसे सत्तासी मजदूरों की आज घर वापसी सुनिष्चित हुई प्रवासी श्रमिकों की द्मका वापसी पर जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों की देखरेख में इन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया इन्हें अभी दुमका के इंडोर स्टेडियम में रखा गया है जहां से स्वास्थ्य जांच एवं डेटा संग्रह के बाद सभी को होम क्वारंटाइन में भेजा जायेगा इन सतासी प्रवासी श्रमिकों में दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के संतावन सरैयाहाट के नौ जामा के दस तथा जरमुंडी प्रखंड के सात यानी कुल तिरासी लोग शामिल हैं जबकि पाकुड़ जिल के दो रामगढ़ जिले के एक और गोड्डा जिले का एक मजदूर भी इनमें शामिल है वैश्विक महामारी कोरोना काल में हजारीबाग जिले के निजी और सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है इसमें सबसे बड़ी बाधा ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन की कमी और नेटवर्क की समस्या है इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिले के चौपारण प्रखंड के सेलहारा मध्य विद्यालय के शिक्षक खुले आसमान के नीचे सामाजिक द्री का पालन करते हुए बच्चों को पढा रहे है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

पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक शिष्टमंडल ने रांची स्थित पूलिस मुख्यालय में पूलिस महानिदेशक से मुलाकात कर राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जतायी और एक ज्ञापन सौंपा दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने लातेहार जिले के बरवाडीह स्थित घटनास्थल का दौरा कर घटना की जानकारी ली और अपराधियों की शीघ्र गिरफ़तारी की मांग की लातेहार जिले के बरवाडीह में कल देर शाम अज्ञात अपराधियों ने भाजपा के जिला महामंत्री सह पूर्व सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और समर्थकों ने पुलिस को शव को उठाने से रोक दिया लोगों द्वारा पुलिस के विरोध में नारेबाजी भी की गई इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रषासन की निर्दा की है राजधानी रांची के ब्रुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित कोयजम जंगल से नक्सली मोहन यादव का शव आज सुबह बरामद किया गया बीती रात उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई आज सुबह पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया वहीं पुलिस ने शव के पास से नक्सल साहित्य एसएलआर की मैगजीन और गोलियां बरामद की है आशंका जाहिर की जा रही है कि वर्चस्व की लड़ाई में नक्सली मोहन यादव की हत्या की गई है रांची टाटा रोड के तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित गागरसतिया के पास आज सुबह कार और ट्रैक्टर की टक्कर में सात लोग घायल हो गए कार रांची से टाटा जा रही थी जबकि ट्रैक्टर तमाड़ से बूंडू की ओर आ रहा था दुर्घटना के बाद पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए तमाड़ अस्पताल भेजा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भावमीनी श्रद्वाजलि अर्पित की है श्री नायड् ने टवीट संदेश में कहा कि महान देशभक्त और शिक्षाविद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता संरेक्षित रखने और भारत में जम्मु कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए अथक प्रयास किया वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश की प्रगति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचारों और आदर्शो से करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा मिली गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है

एक बयान में एयर इंडिया ने कहा है कि टिकटों की बुकिंग आज शाम आठ बजे से केवल एयर इंडिया की वेबसाइट पर की जा सकती है वंदे भारत मिशन के चौथे चरण के अंतर्गत एयर इंडिया भारत से विभिन्न देशों के बीच एक सौ सत्तर उडानें संचालित करेगी इनमें कनाडा अमरीका ब्रिटेन कोन्या श्रीलंका फिलीपिंस किर्गिस्ताकन सउदी अरब बांग्लादेश थाइलैंड दक्षिण अफ्रीका रूस ऑस्ट्रेलिया म्यांमां जापान उक्रेन और वियतनाम के लिए उडानें उपलब्ध रहेंगी भारत ने कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन को देखते हुए दो महीने के अंतराल के बाद पच्चीस मई से घरेलू यात्री उड़ानों का परिचालन फिर शुरू किया था परन्तु अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा अभी स्थगित है नागर विमानन महानिदेशालय ने घोषणा की है कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय विमानों का आना जाना इकतीस जुलाई तक स्थगित रहेगा

रांची पष्विमी सिंहभूम लातेहार और गढवा सहित राज्य के कई जिलों में अगले दो तीन दिनों तक भारी बारिष की चेतावनी जारी की गई है राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज बारिश के साथ वज्रपात की भी संमावना है इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के अनुसार आज रांची और आसपास के इलाके में बादल छाये रहेंगे गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होगी

वहीं रांची और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश भी हो सकती है उधर खूंटी के सीमावर्ती इलाके के डंडोल टेमटेमटोली के दो किशोरों की वजपात से मौत हो गई वहीं एक महिला गंभीर रुप से घायल हो गयी जिसका इलाज किया जा रहा है